एनसीसी दिवस के उपलक्ष में आज प्रदेशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन महाराष्ट्र में चल रहे राजनैतिक गतिरोध पर उच्चतम न्यायालय में कल फिर सुनवाई होगी राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय को दुगुना करने का हर संभव प्रयास कर रही है

इस मौके पर संसद में विशेष आयोजन होगा वहीं देशभर में साल भर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे प्रधानमंत्री ने नमो एप पर मध्यप्रदेश की एक छात्रा द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम द्वारा आयोजित करने की मांग का जिक्र किया इस पर प्रधानमंत्री ने जनवरी में इस कार्यक्रम को आर्योजित करने का आवश्वासन दिया एनसीसी दिवस की सभी कैडेट्स को शुभकामनाए देते हुए कहा कि भारत का एनसीसी दुनिया के सबसे बड़े श्रम संगठनों में से एक है इसमें सेना वायु सेना और नौसेना शामिल है उन्होंने कहा कि नवम्बर माह के चौथे रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है

इस अवसर पर हमें अपने सशस्त्र बलों के अदम्य साहस शौर्य और समर्पण भाव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वीर सैनिकों को याद करना चाहिए प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए देश के सभी स्कूलों से दिसम्बर महीने में फिट इण्डिया सप्ताह मनाए जाने की अपील की उन्होंने कहा कि फिटनेस को लेकर स्कूलों की रैंकिंग तय की गई है इस रैंकिंग में सभी स्कुलों को शामिल होना चाहिए

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है बीकानेर जिले के राजकीय ड्रंगर महाविद्यालय में इस अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान रैली नुक्कड़ नाटक और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता सहित अनेक कार्यक्रम हो रहे है इस मौके पर आज सुबह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्लास्टिक मुक्त भारत को लेकर लोगों को शपथ दिलाई गई

यह आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सक्षम भारत और युनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है इसका उद्देश्य शारीरिक रूप से अन्यरूपेण सक्षम लोगों के प्रति संजीदगी को बढ़ावा देना है

न्यायालय ने राज्यपाल के पत्राचार को प्रस्तुत करने के लिए दो दिन का समय देने के तुषार मेहता के अनुरोध को मानने से इंकार कर दिया पीठ ने देवेन्द्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन द्वारा दायर याचिका पर केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है शीर्ष न्यायालय ने देवेन्द्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी नोटिस जारी किया है

राजस्थान की कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है किसानों का भविष्य हमेशा संभावनाओं से घिरा रहता है कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के अंशदान में लगातार गिरावट आ रही है श्री मिश्र ने आज नई दिल्ली में राज्यपालों के सम्मेलन में राजस्थान राज्य के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में राजस्थान सरकार किसान की आय को दुगुना करने का हर संभव प्रयास कर रही है केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सफल कियान्वयन किया जा रहा है विभिन्न फसलों के उत्पादन में जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य में लागू किया गया है

दौसा में आज एक दुकान में आग लगने से दुकान में रखा करीब पांच लाख रूपये का किराने का सामान जल गया राजसमन्द में कुंभलगढ वन्यजीव में प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिर्जव पर वन विभाग द्वारा वन्य जीव प्रबंधन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया

मौसम विभाग ने अगले एक दो दिन में प्रदेश के कई जिलों में वर्षा और ओले गिरने की संभावना बताई है जिससे सर्दी और बढ सकती है

भारतीय सरजमी पर गुलाबी गेंद से खेले गए इस पहले दिन रात के टैस्ट मैच में भारत ने घरेलू सरजमीं पर लगातार बारहवीं जीत दर्ज की है यह भारत की पारी के अंतर से लगातार चौथी जीत भी है भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का पहला देश है